प्रधानमंत्री चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर व्यापक बहस और चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया है नई दिल्ली में कल नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने केंद्र और राज्य स्तर पर एक साथ चुनाव कराने का मुद्दा उठाया उन्होंने इस प्रस्ताव के कई फायदे बताए बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि देश में लगातार चुनाव होते रहते हैं और उन्होंने सभी चुनावों के लिए समान मतदाता सूची का सुझाव दिया जज शपथ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में चार नए न्यायाधीशों को आज मुख्य न्यायाधीश टीबी राधाकृष्णन ने शपथ दिलाई इनमें दो महिला जज भी शामिल हैं शपथ लेने वाले जजों में पार्थ प्रीतम साह गौतम चौरडिया रजनी दुबे और विमला सिंह कपूर की न्यायिक क्षेत्र से नियुक्ति की गई है गौरतलब है कि बीते पंद्रह जून को राष्ट्रपति ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़कर सोलह हो गई है हाईकोर्ट जलकी मामला कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के परिजनों से संबंधित जलकी मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दो हफ्ते के भीतर शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए हैं कोर्ट ने यह आदेश याचिका पर तीन बार पेशी होने के बाद भी कोई जवाब पेश नहीं करने के कारण दिया है गौरतलब है कि पूर्व महापौर किरणमयी नायक ने कृषि मंत्री के परिजनों द्वारा महासमुद जिले के जलकी की सरकारी जमीन पर कथित रूप से कब्जा कर उस पर रिसॉर्ट बनाने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी माओवादी समर्पण जगदलपुर में आज आठ माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है इन माओवादियों ने सीआरपीएफ की अस्सीवीं बटालियन में अधिकारियों के समक्ष समर्पण किया इनमें एक जनमिलिशिया कमांडर सहित सात संघम सदस्य हैं ये सभी माओवादी जिले के कोडेनार इलाके में सक्रिय थे वहीं कांकेर जिले के पखांजूर से सुरक्षा बलों ने पांच पांच किलो के दो आईईडी बरामद किए हैं सुरक्षा बलों ने इन बमों को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया जोगी उम्मीदवार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने आज अपने सात और प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है इस सूची में बस्तर की चार सीटों सहित सात विधानसभा के लिए उम्मीदवारों का नाम शामिल हैं इनमें खल्लारी विधानसभा से फरेश बागबहरा बालोद विधानसभा सीट के लिए अर्जुन हिरवानी बैकुंठपुर से बिहारी राजवाड़े बीजापुर विधानसभा से सकनी चंद्रैया दंतेवाड़ा विधानसभा सीट के लिए जया कश्यप नारायणपुर से बलीराम कचराम और बस्तर विधानसभा सीट के लिए सोन साय कश्यप को उम्मीदवार बनाया गया है

इसी के साथ शाला प्रवेश उत्सव मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश के विद्यार्थियों और अभिभावकों को बधाई और श्भकामनाएं दी हैं डॉक्टर सिंह ने अपने श्भकामना संदेश में सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे अपने परिवार के हर बच्चे को स्कूल जरूर भेजें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हर बच्चे तक गृणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हर प्रकार की व्यवस्था की है डॉक्टर सिंह ने शाला प्रवेश उत्सवों में सभी नागरिकों से अधिक संख्या में शामिल होने का आव्हान किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बार अपने मुख्य बजट में स्कूली शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा बारह हजार चार सौ बहत्तर करोड़ रूपए का प्रावधान किया है उन्होंने कहा कि हमारा विश्वास है कि नया भारत ज्ञान के मंदिरों से विकसित होगा

कार्यक्रम में केन्द्रीय विद्युत ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह विशेष रूप से उपस्थित होंगे

यह कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है

इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा भी योग दिवस मनाने की तैयारी की जा रही है बल के महानिदेशक के के शर्मा ने बताया कि बीएसएफ द्वारा देशभर में तैनात सभी इकाई में योग दिवस मनाया जाएगा उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल के जवानों के लिए योग न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने बल्कि मानसिक रूप से भी तनावरहित रहने का एक बड़ा माध्यम है भूपेश बघेल सुपेबेड़ा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने आज गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा का दौरा कर किडनी की बीमारी से पीड़ित लोगों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया उन्होंने बताया कि यहां अब तक इस बीमारी से चौंसठ मौतें हो चुकी हैं लेकिन इसके बावजूद प्रदेश सरकार कोई सार्थक प्रयास नहीं कर रही है उन्होंने कहा कि क्षेत्र में साफ पानी का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है यह बहुत दुखद स्थिति है महासमुंद ठगी महासमुंद जिले में फर्जी बैंक अधिकारी बनकर एटीएम और बैंक अकाउंट से ठगी करने वाले एक फर्जी बैंक अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है गौरतलब है कि पिछले क्छ महीनों से जिले के कई लोग इस ठगी का शिकार हो रहे थे जिसकी लगातार शिकायत के बाद महासमुद पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया इसके बाद पुलिस ने पतासाजी कर पश्चिम बंगाल के आसनसोल से आरोपी को गिरफ्तार किया है आरोपी का नाम राहल राम पासवान है पुलिस ने आरोपी के पास से ट्रांसफर हआ बैंक खाता पासब्क चेकब्क और मोबाइल जब्त किए हैं मौसम प्रदेश में कुछ दिन पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी है अगले कुछ दिनों में मानसून के प्रदेश में सक्रिय होने की संभावना है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी केंद्रीय बंगाल की खाड़ी दक्षिण ओडिशा और आंध्रप्रदेश के उत्तरी तटों पर ऊपरी हवाओं में चक्रवात बना हुआ है इसकी वजह से आगामी चौबीस घंटों के दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है वहीं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है